उन्होंने कहा है कि पड़ोसी देश की प्राथमिकताओं के अनुसार भारत उसे सहायता देगा वे आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के साथ भारत और नेपाल के बीच पेट्रोलियम पदार्थो की आपूर्ति के लिए मोतीहारी अमलेखगंज पाइपलाइन का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि दोनों देश अपनी भागीदारी को और व्यापक बनाएंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा यह बहत संतोष का विषय है कि दक्षिण एशिया की यह पहली क्रास बार्डर पेट्रालियम पाइप लाइन रिकार्ड समय में पूरी हुई है जितनी अपेक्षा थी उससे एक प्रकार से आधे समय में यह बनकर तैयार हुई इसका श्रेय आपके नेतृत्व ं को नेपाल सरकार के सहयोग को और हमारे संयुक्त प्रयासों को इस पाइप लाइन से हर साल दो मिलियन मैट्रिक टन तक के क्ली न पेट्रोलियम प्रोडक्टनस एफोर्डेबल रेटस पर नेपाल के सामान्य लोगो को प्राप्त होंगे

प्रधानमंत्री श्री मोदी पॉलीथिन एवं प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने के साथ स्वच्छता पर्यावरण वर्षाजल संचयन और भूगर्भजल संरक्षण पर जनसहभागिता का भी आह्वान करेंगे प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं और कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कडे इन्तजाम किये जा रहे हैं

जम्मू में संवाददाताओँ से बातचीत में जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में मोदी सरकार की पहल को विश्व ने स्वीकारा है तथा कई और देश भारत के पक्ष का समर्थन कर रहे हैं

केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने आज कोलकाता में कहा कि देश में अवैध प्रवेश करने वालो से संवैधानिक और कानूनी रूप से निपटा जाएगा

देशभर में महिला सिपाहियों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश में पहली बार इसके लिए बारह सितम्बर से भर्ती मेला अयोजित होने जा रहा है लखनऊ में सेना के मध्य कमान स्थित भर्ती निदेशालय के निदेशक कर्नल आश्रतोष ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि इस भर्ती मेले की सभी तैयाँरियां पूरी कर ली गयी हैं बीस सितम्बर तक आयोजित होने वाले इस भर्ती मेल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है बाइट इस वेकेन्सी में पूरे देशभर में करीब ढाई लाख लोगों ने अपना आवेदन दिया था और उनमें से तकरीबन एक लाख उत्तर प्रदेश उत्तराखण्ड से रहे हैं तो यह एक नम्बर ही सबसे बड़ा दर्शाता है कि काफी उत्साह है लड़कियों में कि वह इण्डियन आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं महिला अभ्यर्थियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर भर्ती मेले में विशेष इन्तजाम किये गये हैं

उन्होंने भी हमें प्ररा सपोर्ट देने का आश्वासन दिया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में हुई बैठक में भीड़ हिन्सा में किसी की मौत होने पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का निर्णय भी लिया गया राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और श्रीकान्त शर्मा ने मंत्रिमण्डल की बैठक में लिये गये फैसलों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी उन्होंने बताया कि भीड़ हिन्सा में जान गॅवाने वालों के परिजनों और एसिड हमले समेत अन्य अपराधों के पीड़ितों को अन्तरिम मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है उन्होंने कहा कि मुआवजे की अन्तरिम राहत प्रदान करने का निर्णय उच्चतम न्यायालय के एक फैसले पर लिया गया है सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बैठक में धान के समर्थन मूल्य में बीस रूपये प्रति कुन्टल की बढ़ोत्तरी करने को मंजूरी दी गयी है इसके साथ ही धान क्रय नीति के तहत पचास लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया गया है धान खरीद नीति के तहत सामान्य किस्म के धान का समर्थन मूल्य एक हजार आठ सौ पन्द्रह रूपये प्रति कुन्टल और ग्रेड ए श्रेणी में एक हजार आठ सौ पैंतीस रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया है

कैबिनेट में एक अन्य फैसले में गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर में एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ग्राम समाज और अन्य सरकारी भूमि को निःशुल्क नागरिक उड़ंडयन विभाग को देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गयी है इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर प्रदेश विधान सभा मण्डल के दोनों सदनों का विशेष सत्र चलाये जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिली है विशेष सत्र दो अक्टूबर को सुबह ग्यारह बजे से तीन अक्टूबर को देर रात तक चलेगा

डिफेंस एक्सपो के आयोजन को लेकर कल नेई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हई एपेक्स कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह रक्षा प्रदर्शनी राज्य में सर्वश्रेष्ठ आयोजन सिद्ध होगी और कुम्म निवेश सम्मेलन और प्रवासी भारतीय दिवस की तरह ही कुशलता से सम्पन्न होगी मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश सरकार डिफेंस और एयरोस्पेस पालिसी पिछर्ल साल ही ला चुकी है भारत की रक्षा निर्माण क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाली इस विशाल प्रदर्शनी का ग्यारहवां संस्करण अगले वर्ष पाँच से आठ फरवरी तक लखनऊ में आयोजित किया जायेगा जिसमें विश्व की प्रमुख रक्षा सामग्री निर्माता कम्पनियां भाग लेंगी

यह दिन सत्य और न्याय की रक्षा के लिए करबला में पैगम्बर हजरत माहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया गया इस अवसर पर ताजिए निकाले गये जिन्हें देर शाम कर्बला में दफन कर दिया गया अमरोहा जिले में मोहर्रम के त्यौहार पर जगह जगह जुलूसों के साथ ताजिये निकाले गये और जानकारी हमार प्रतिनिधि से दसवे मोहर्रम यानी यौमे आशूरा के मौके पर आज अमरोहा में विभिन्न स्थानों से इमाम हुसैन और उनके बहात्तर साथियों से शहादत की याद में मातमी जुलूसों के साथ ताजिए निकाले गए और ॅकर्बला के शहीदों को मातमी खिराजे अकीदत पेश की गई अमरोहा रिथित इमामबाड़ा लकड़ा में अजादारों ने सीनाजनी की और छुरियों का मातम कर अपने आप को लहूलुहान कर लिया